राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारा संविधान हमें जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है वहीं यह अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे कायदे कानूनों का भी उतनी ही निष्ठा से पालन करें

लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है

बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं श्री कोविंद ने यह भी कहा कि इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से दस करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है केन्द्र आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के ग्यारह प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था सुधार होने का संकेत दिया गया है

सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात और सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला रोकने में मदद मिलेगी यूनिफाइड कमांड बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीती रात हुई यूनिफाइड कमांड की बैठक में माओवाद विरोधी अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा की गई बैठक में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में और तेजी लाने के निर्देश दिए

जबकि केंद्र सरकार के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की और आगामी कार्ययोजना की जानकारी ली मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर भारतीय खाद्य निगम में चौबीस लाख मीटरिक टन चावल की अनुमति की मात्रा को बढ़ाकर चालीस लाख मीटरिक टन किए जाने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी केन्द्र सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत की जाती है इस साल अट्ठाईस जनवरी तक बीस लाख से अधिक किसानों से नब्बे लाख मीटरिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है और धान खरीदी का कार्य आगामी इकतीस जनवरी तक किया जाएगा वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिलासपुर की दिल्ली मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की अनुमति दी जाए उन्होंने केंद्रीय मंत्री से निकट भविष्य में लागू होने वाली उड़ान चार एक योजना में बिलासपुर की महानगरों के साथ आरसीएस कनेक्टिविटी की सुविधा देने का भी आग्रह किया है जनरल प्रमोशन राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की घोषणा की है आधिकारिक जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने पिछले साल उन्नीस मार्च से सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था तब से अभी तक स्कूल शुरू नहीं हो पाया है पिछले सत्र में भी पहली से नवमीं और ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया था इस सत्र में राज्य सरकार ने पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की घोषणा की है निशंक सीबीएसई केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं की डेटशीट दो फरवरी को घोषित की जाएगी सीबीएसई सहोदय स्कूल कॉम्पलेक्स के अध्यक्षों और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में श्री पोखरियाल ने कहा कि डेटा एनालिटिक्स और स्कूलों की स्व घोषणा के आधार पर कम्यूटरीकृत संबद्धता प्रणाली कायम की जाएगी शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले पैंतालीस वर्षों में सीबीएसई की परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड डिजिटीकृत किया जाएगा इससे वर्ष उन्नीस सौ पचहत्तर के बाद पंजीकरण करने वाले सभी नागरिक अपने सर्टिफिकेट आसानी से ले सकेंगे

इस मौके पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार कल सुबह ग्यारह बजे सभी शासकीय कार्यालयों में दो मिनट का मौन धारण कर शहीदों की शहादत का स्मरण किया जाएगा इस बीच रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने जिले के विभिन्न संस्था प्रमुखों नगरीय निकायों और जनपदों को पत्र लिखकर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर नशामुक्ति संकल्प और शपथ दिवस का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि नशामुक्ति के पक्ष में सकारात्मक वातावरण निर्मित किया जाए कार्यक्रम के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाए राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें नमन किया है राज्यपाल ने कहा है कि महात्मा गांधी के आदर्श और विचार आज भी मानव जीवन को खुशहाल स्वस्थ और समृद्ध तथा मानवीय गुणों से परिपर्ण बनाने के लिए प्रासंगिक है वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि गांधीजी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि निर्भिकता से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहकर किस तरह बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है एनटीपीसी प्रे सवार्ता एनटीपीसी सीपत कोरोना संक्रमण के दौर में भी अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करते हुए ऊर्जा उत्पादन के प्रति समर्पित रही है कोरोना काल के दौरान कंपनी ने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए क्षेत्र के गांवों में सैनिटाईजर मास्क वितरण के साथ साथ जरूरतमंदों को खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाया है एनटीपीसी को जल संरक्षण पर्यावरण सुरक्षा और दुर्घटनामुक्त संयंत्र के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है यह जानकारी एक पत्रकारवार्ता में एनटीपीसी के सीईओ पद्म कुमार राजशेखरन ने दी

पल्स पोलियो अभियान प्रदेश में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान परसों इकतीस जनवरी से शुरू होगा अभियान के तहत शुन्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी अभियान के पहले दिन पोलियो बूथ पर दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इस बार राज्य के लगभग पैंतीस लाख बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों प्राथमिक शाला उप स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर प्राथमिक सामुदायिक और जिला अस्पतालों में पोलियो की दवा पिलाई जाएगी इधर दुर्ग जिले में दो लाख उनचास हजार से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाये जाने का लक्ष्य रखा गया है जवान आपसी झड़प बस्तर जिले में आज जवानों के बीच हुई आपसी झड़प में एक जवान की मौत हो गई वहीं दो अन्य जवान घायल हो गए हैं हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक दरभा थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैम्प में आज सुबह जवानों के बीच आपसी विवाद हुआ इसके बाद एक जवान ने अपने साथी जवानों पर फायरिंग कर दी बाद में खुद को भी गोली मार ली इस घटना में जवान प्रमोद सोरी की मौत हो गई वहीं दो अन्य जवान संतोष वाचम और गिरीश कुमार घायल हो गए हैं जिनका प्राथमिक इलाज मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में किया गया इसके बाद दोनों जवानों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर लाया गया

जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि डीआरजी में पदस्थ जवान सोमडू अपने बच्चों से मिलने गांव आया हुआ था इसी बीच माओवादियों ने जांगला थाना क्षेत्र के कोतरापाल के जंगल में सोमड की हत्या कर दी गौरतलब है कि सोमडू ने वर्ष दो हजार चौदह में माओवादी संगठन से अलग होकर आत्मसमर्पण किया था

मिली जानकारी के मुताबिक जिले के ग्राम परसवानी के दो व्यक्तियों द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन कर लिए जाने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और दोनों की मौत हो गई दोनों व्यक्ति खेती किसानी का कार्य करते थे कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और बादल छाए रहने की संभावना जताई है

वहीं कई स्थानों पर तेज बारिश होने की भी खबर है इस बीच प्रदेश के कुछ धान खरीदी केन्द्रों में खुले में रखे धान के भीगने की खबर है राज्य सरकार ने सभी खरीदी केन्द्रों में धान की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं उधर कृषि विभाग ने प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश के कारण चना आम और मुनगे की फसल को नुकसान होने की आशंका जताई है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में केन्द्रीय महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को आगामी आठ मार्च को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इसके लिए आगामी इकतीस जनवरी तक ऑनलाइन नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं कोंडागांव जिले के ग्राम द्रधगांव में जनपद सदस्य दासुराम सोढ़ी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है

राजनांदगांव में आज शहर में गोबर खरीदी के लिए चलाए जा रहे आठ केन्द्रों को बंद करने के विरोध में भाजपा पार्षदों और पशुपालकों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया